औद्योगिक घरानों को संचालन शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगी राज्य सरकार राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपायुक्तों को गैरपंजीकृत प्रवासी मजदूरों के पहचान पत्र बनाने को कहा

वे आज शिमला में आवश्यक वस्तुओं सहित बागवानी संबंधी सुरक्षा सामग्री को लेकर एक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे

उन्होंने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को खुले बाज़ारों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने किसानों व बागवानों के लिए फफूंद नाशक और पशु चारे की समुचित आपूर्ति करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री इस बीच आकाशवाणी शिमला से एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने पुख्ता प्रबंध किए हैं उन्होंने लोगों से संयम रखते हुए सरकार के आदेशों का पालन करने की अपील की है

जयराम ठाकर ने इस महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी आदेशों का पालन करते हुए लोगों से सामाजिक दूरी बनाने का आग्रह किया

मुख्यमंत्री ने प्रदेश और प्रदेश से बाहर रहने वाले लोगों को जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला जयराम प्रदेश सरकार औद्योगिक घरानों को बददी बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में संचालन शुरू करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बीबीएन औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम शक्ति की सुचारू आवाजाही के लिए हर संभव कदम उठा रही है और उद्योगों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत व तैयार माल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उद्योगों को माल दुलाई के लिए पर्याप्त मात्रा में ट्रक भी उपलब्ध करवाए जाएंगे मुख्यंत्री ने कहा कि ईएसआई के तहत पंजीकृत कर्मचारियों को वेतन प्रदान करने के मामले को राज्य सरकार केन्द्र के समक्ष उठाएगी इस दौरान एसोसिएशन के प्रधान संजय खुराना ने उद्योगपतियों के विभिन्न मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जयराम ठाकुर ने एसोसिएशन की सभी उचित मांगों पर विचार का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को अपने संबंधित ज़िले के सभी गैरपंजीकृत प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं

राज्यपाल ने लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस की

राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आये व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरी करने को कहा गया है

इन सभी को नेरवा डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया है पुलिस ने इनके तबलीगी जमात में शामिल होने से इनकार किया है

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला नगर निगम कार्यालय का दौरा कर कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की

रसोई गैस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लॉकडाउन के दौरान अपने उपभोक्ताओं को रसोई गैस की नियमित आपूर्ति कर रहा है निगम ने एलपीजी ग्राहकों को घबराहट में जमाखोरी न करने की सलाह देते हुए कहा है कि रसोई गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है